श्री वाजपेयी के पार्थिव शरीर को नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा पार्टी मुख्यालय में लोगों के दर्शनार्थ रखा जायेगा उनकी अंतिम यात्रा दोपहर एक बजे से शुरू होगी केन्द्र सरकार ने उनके निधन पर सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इस दौरान सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई सरकारी समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा आज केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों और केन्द्रीय उपकमों में दोपहर बाद अवकाश रहेगा शोक की अवधि के दौरान विदेशों में भारतीय मिशनों और उच्चायोगों पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे इधर राजस्थान सरकार ने भी सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया है आज राज्यभर में सरकारी अवकाश घोषित किया गया है आज विधानसभा सभी सरकारी दफ्तर स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे बैंकों में भी अवकाश रहेगा उच्च न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालय खुले रहेंगे पांचवी और आठवी कक्षा की आज होने वाली फोलोअप परीक्षा स्थगित कर दी गई है

श्री वाजपेयी के निधन पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री केन्द्रीय मंत्रियों विभिन्न पार्टियों के नेताओं संगठनों और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल कल्याण सिंह विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री तथा जयप्र ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट सहित राज्य के नेताओं और संगठनों ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि अटलजी का शरीर तो शांत हो गया लेकिन उनकी विराटता संवेदनशीलता सह्दयता और प्रखरता कालजयी है जिसकी अमिट छाप विश्व पटल पर युगों युगों तक बनी रहेगी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि श्री वाजपेयी का निधन भारतीय राजनीति में अपूरणीय क्षति है वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी भारतीय राजनीति के अटल हस्ताक्षर थे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर श्रद्दांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि अपने वचन और इरादों में अटल हमारे अटल जी हमारे बीच नहीं रहे चाहे पोखरण हो या कारगिल राष्ट्रनिर्माण में अटल जी के योगदान को कृतज्ञता और सम्मान से याद किया जायेगा श्री वाजपेयी के निधन से पूरे देशभर में शोक की लहर है गोरतलब है कि कल नई दिल्ली में एम्स में शाम पांच बजकर पांच मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली

उनकी हालत स्थिर बनी हई थी लेकिन ब्धवार को उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था श्री वाजपेयी को उनके प्रखर नेतृत्व और प्रभावी व्यक्तित्व के लिए हमेशा याद किया जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण क्शल और विवेकप्र्ण आर्थिक नीतियां और व्यापक आधारभूत परियोजनाओं जैसी उपलब्धियों के लिए राष्ट्र हमेशा उनका आभारी रहेगा महिला सशक्तिरण और सामाजिक समानता के पक्षधर श्री वाजपेयी तेज गति से देश के विकास में विश्वास रखते थे

चुरु जिले के परनेउ गांव में जोहड़ में डूबने से एक बालक की मौत हो गई सहज बिजली हर घर योजना से सवाईमाधोपुर जिले के निवासी भी लाभान्वित हुए है